श्री नड़डा आज आगरा में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा के राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत आयोजित रैली को सम्बोधित कर रहे थे श्री नड़डा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लोगों को नागरिकता देता है न कि नागरिकता छीनता है उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहल गांधी नागरिकता संशोधन कानून को पढ़े बगैर बयान दे रहे हैं

उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश में हुयी हिंसा के दौरान सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से ही इसकी भरपाई की जायेगी प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल ने नए भारत के निर्माण में छात्र छात्राओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनसे महाविद्यालयों में अर्जित ज्ञान को राष्ट एवं समाज के लिए समर्पित करने का आहवान किया है राज्यपाल आज कशीनगर में बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह को सम्बोधित कर रही थीं श्रीमती पटेल ने संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को एक दूसरे का पूरक बताते हुए कहा कि विद्यार्थियों में अपने अधिकारों के ज्ञान के साथ साथ कर्तव्य पालन का भी माव होना चाहिए समारोह को कलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने भी सम्बोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य गंगा नदी को स्वच्छ निर्मल और अविरल बनाना है श्री योगी ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास से गंगा यात्रा के लिए बिजनौर और बलिया के लिये दो रथों को हरी इंडी दिखाकर रवाना किया प्रदेश में आगामी सत्ताईस जनवरी से इकत्तीस जनवरी तक गंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है इसका उददेश्य गंगा को स्वच्छ बनाने का संदेश जन जन तक पहुंचाना है सत्ताईस जनवरी को गंगा यात्रा का पहला रथ बिजनौर से और दूसरा रथ बलिया से रवाना होगा ये दोनों रथ इकत्तीस जनवरी को कानपूर पहंचेंगे जहां यात्रा का समापन हो जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ ने कहा है कि गंगा नदी देश के पांच राज्यों की अपनी यात्रा में सर्वाधिक दूरी उत्तर प्रदेश में तय करती है इसलिए गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाये रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में गंगा यात्रा दो स्थानों से आरंम होगी पहली जहां से गंगा प्रदेश में प्रवेश करती है यानी बिजनौर से और दूसरी बलिया से जहां से नदी बिहार में प्रवेश करती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छब्बीस जनवरी को शाम छः बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे इससे पहले एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस साल का पहला कार्यक्रम विशेष दिन छब्बीस जनवरी को होगा

वे नमो ऐप ओपन फोरम और माई जी ओ वी डॉट इन पर भी अपने संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक सौ तेईसवीं जयंती पर उन्हें श्रद्वाजंति दे रहा है आज ही के दिन अट्ठारह सौ सत्तानबे में नेताजी का जन्म ओडिसा के कटक में हुआ था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को श्रद्धाजंलि दी है मुख्यमंत्री योगी ैआदित्यनाथ ने भी नेता जी सुभा चन्द्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि दी है इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

मिर्जाप्र में ाहीद उद्यान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया

इस अवसर पर गो ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें वक्ताओं ने नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला

सम्मान मार्च में आजाद हिन्द फौज की झांकी भी प्रदर्शित की गयी इस अवसर पर नगर निगम परिसर में गो ठी का भी आयोजन किया गया जौनपुर में राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल के निर्देश पर आज नेताजी सुभा चन्द्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरे जनपद में पढ़े जौनपुर कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें जनपद के सभी विद्यालयों में दिन में ग्यारह बजे से ग्यारह बजकर पैंतालीस मिनट तक विद्यार्थियों कर्मचारियों और अन्य लोगों ने पुस्तके पढ़ीं

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करना है